प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आत्मानिर्भर भारत अभियान सम्पूर्ण मानवता की सम्पन्नता के लिए है और यह पहल पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद रहेगी वे आज स्वामी चिद्भवानंद की श्रीमद् भगवतगीता के ई संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित रहे थे श्रीमद्भगवतगीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा यह ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है जिसमें विचारों का खजाना है उन्होंने कहा कि गीता हमें सोचने और प्रश्न करने के लिए प्रेरित करती है और हमारे दिमाग को खुला रखती है उन्होंने कहा कि ई पुस्तकें युवाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय हो रही हैं इसलिए यह प्रयास गीता के महान विचारों को युवाओं में लोकप्रिय बनायेगा उन्होंने कहा कि दुनिया एक वैश्विक महामारी के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ रही है और जब दुनिया को दवाओं की जरूरत थी तब भारत ने भरपूर प्रयास किया श्री मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हुए स्वदेशी टीका विकसित किया भारत के लिए गौरव की बात है कि यहां बने टीके दुनिया भर में जा रहे हैं प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण इसी महीने में वर्चुअली आयोजित होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी परीक्षाओं के बारे में स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बौद्विक सत्र आयोजित करेंगे इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया माईगोव प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गई है और यह रविवार तक चलेगी

संबंधित प्रश्नों का चयन कर इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा देशभर के लगभग दो हजार स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों में से विजेता को चुना जाएगा और उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे

बैठक में उद्योगपतियों से राज्य में निवेश के लिए आग्रह किया जाएगा राज्य सरकार औद्योगिक घरानों की मांगों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी उद्योग विभाग की ओर से प्रदेश के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से विभिन्न संगठनों को भी आमंत्रित किया जाएगा राज्य सरकार झारखंड में रोजगार के नये अवसर मुहैया कराने को लेकर उद्योगपतियों के साथ इस बैठक को बेहद ही अहम मान रही है

इधर झारखं डमें टीकाकरण कार्य तेजी से किया जा रहा है

सिमडेगा जिले में कोरोना संकमण पर अंक्श लगाने के लिए वैक्सीनेशन का काम जारी है

इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किफायती सेवाएं और संसाधन उपलब्ध होंगे इस कोष की राशि वित्तवर्ष के साथ समाप्त नहीं होंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के ट्वीट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक घर में पेयजल उपलब्ध कराना उल्लेखनीय प्रगति है उन्होंने कहा कि संरकार का उद्देश्य हर घर जल उपलब्ध कराना है

सात करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में पेयजल मिल रहा है

परिवहन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर नियमावली बनाकर इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है यह नियम कल से प्रभावी हो गया है इसके अंतर्गत अब वाहनो पर आर्मी पुलिस प्रेस कोर्ट मंत्रालय आदि लिखने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी नियमों की अनदेखी करने पर दो हजार रूपये तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है सिर्फ सरकारी वाहनों पर ही मानक आकार और रंग के आधार पर लिखने की इजाजत होगी वहीं राज्य सरकार के विधि व्यवस्था संधारण से जुड़े अधिकारियों को बोर्ड लगाने की अनुमति होगी इनमें से बीडीओ से लेकर उप विकास आयुक्त डीटीओ आरटीओ और जिला खंड पदाधिकारियों को भी बोर्ड लगाने की अनुमति होगी साहिबगंज जिले में गंगा स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

झारखंड और बिहार के मजदूरो को लेकर आगरा जा रही चतरा की एक वाहन की आज सुबह एतमादपुर मंडी के समीप दिल्ली हाईवे पर एक कंटेनर से सीधी टक्कर हो गयी

हादसे में चतरा का मरने वाला मजदूर बबलू प्रजापति हंटरगंज थाना क्षेत्र के गेरुआ बढ़ही बीघा गांव का रहने वाला था इस घटना पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सांसद सुनील कुमार सिंह ने शोक जताया है उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर योजना के तहत मृतक के आश्रितों को सरकारी लाभ दिया जायेगा

हजारीबाग जिले के बारह युवा खिलाड़ी आज से आसनसोल में आयोजित होने वाले चार दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं इस शूटिंग प्रतियोगिता में पूर्वी जोन के छह राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे शूटिंग प्रतियोगिता को लेकर सभी युवा खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं प्रतिभागी खिलाड़ियों का मानना है कि शूटिंग कॅरियर के लिहाज से फायर्दमंद है पिछले छह महीने से इस टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं कोच भी मानते हैं कि उनके प्रतिभागी खिलाड़ी ना सिर्फ मेडल लेकर आएंगे बल्कि नेशनल स्पर्धा के लिए भी सेलेक्ट होंगे और हजारीबाग का नाम रोशन करेंगे

इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागी कल पूर्वाहन साढ़े दस बजे तक रिपोर्ट करेंगे

द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आज जलार्पण का खास महत्व है मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था

रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना जारी है यहां सुरक्षा और कोविड से बचाव के लिए एहतियाती उपाय किये गये हैं दुमका के बासुकीनाथ में कोराना काल में पहली बार बाबा भक्तों की बड़ी भीड़ जुटी है और बड़ा अनुष्ठान हो रहा है सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न प्राचीन मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ देखी जा रही हैं साहिबगंज और राजमहल मोतीझरना और शिवगादी के शिवालय में भी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं वहीं पाकुड़ जिले में महाकाल शिव मंदिर बूढ़ानाथ शिव मंदिर शिव शीतला मंदिर धरनी पहाड कंचन गढ़ भौरी कुंचा आदि मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ रही